संसद के केन्द्रीय कक्ष में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को ऐतिहासिक कानून बताया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 राष्ट्रपति ने कहा कि भारत की जनता ने सरकार को नये भारत के निर्माण का जनादेश दिया है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 राष्ट्रपति ने समी राजनीतिक दलों के नेताओं से कहा कि उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि वे सबसे पहले देश के नागरिक हैं और उसके बाद किसी विशेष विचारधारा के नेता या समर्थक जम्मू कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद तीन सौ सत्तर और अनुच्छेद पैंतीस ए को निष्प्रभावी करने का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि इससे जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र के समान विकास का रास्ता साफ हो गया है राष्ट्रपति ने राम जन्मभूमि पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद परिपक्व व्यवहार करने पर भी देशवासियों की सराहना की संसद के दोनों सदनों में आज आर्थिक सर्वेक्षण दो हजार बीस पेश किया गया सर्वेक्षण में अगले वित्त वर्ष के दौरान देश की आर्थिक विकास दर छह से साढ़े छह प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है इसमें चालू वित्त वर्ष के लिए विकास दर पांच प्रतिशत रहने की बात कही गई है इसमें विकास को बढ़ावा देने के लिए राजकोषीय घाटे में वृद्वि होने का भी जिक्र है वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया इसमें देश में व्यापार के लिए वातावरण को सरल बनाने और अधिक सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया गया है सर्वेक्षण में देश की अर्थव्यवस्था को पचास खरब अमरीकी डॉलर का बनाने के लिए व्यापार के अनुकूल नीतियों को बढ़ावा देने और देश के बाजार को मजबूत करने का भी उल्लेख है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा को निर्मल और अविरल बनाए रखने का संकल्प दोहराते हुए कहा कि प्रदेश सरकार गंगा की स्वच्छता के लिए लगातार कदम उठा रही है उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नमामि गंगे परियोजना के तहत गंगा को स्वच्छ रखने का कार्य तेज गति से चल रहा है श्री योगी आज कानपुर में पांच दिवसीय गंगा यात्रा के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गंगा यात्रा ने पिछले पांच दिनों में प्रदेश में आस्था और अर्थव्यवस्था के अभिनव संगम का निर्माण किया है उन्होंने कहा कि यह यात्रा का समापन नहीं बल्कि गंगा युग का प्रारंभ है श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा को अर्थव्यवस्था से जोड़ने की बात कही थी और गंगा यात्रा इसी की एक कड़ी है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार गंगा तट पर बसे गांवों में विकास के विभिन्न कार्यक्रम शुरू करेगी इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लोगों को गंगा की निर्मलता अविरलता और स्वच्छता का संकल्प भी दिलाया इससे पूर्व श्री योगी ने बैराज पर नवनिर्मित अटल घाट पर गंगा यात्रा का स्वागत किया और पूजा अर्चना के बाद भव्य गंगा आरती में शामिल हुए समापन कार्यक्रम में प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा जलशक्ति मंत्री डॉ महेंद्र सिंह कैबिनेट मंत्री सतीश महाना कमलरानी वरूण सुरेश राणा सूर्य प्रताप शाही बलदेव सिंह औलख समेत अन्य मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह उपस्थित थे गंगा यात्रा सत्ताईस जनवरी को बिजनौर और बलिया से शुरू हुई थी गंगा यात्रा ने प्रदेश के विभिन्न जिलों की अपनी पांच दिवसीय यात्रा में एक हजार तीन सौ अट्ठावन किलोमीटर की दूरी तय की इस दौरान यात्रा के दो रथ एक हजार अड़तीस ग्राम पंचायतों एक हजार छह सौ पचास गांवों इक्कीस नगर निकायों से होते हुए कानपुर पहुंचे उच्चतम न्यायालय ने उस याचिका पर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है जिसमें संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ राज्य में हुए प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक सम्पति के नुकसान की भरपाई कुछ कथित प्रदर्शनकारियों से किये जाने के नोटिसों को रद्द करने की अपील की गई थी फर्रुखाबाद जनपद के मोहम्मदाबाद के कठरिया गांव में पुलिस ने एक व्यक्ति द्वारा बंधक बनाए गए तेईस बच्चों को आज तड़के सुरक्षित छड़ा लिया पुलिस ने बंधक बनाने वाले आरोपी सुमाष बाथम को सात घंटे से अधिक समय तक चले ऑपरेशन में मार गिराया पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार मिश्रा ने बताया कि गांव के ही रहने वाले हत्या के एक मामले के आरोपी सुभाष बाथम ने सभी बच्चों को अपने घर पर बेटी के जन्मदिन पर बुलाया और फिर ग्यारह घंटे तक उन्हें बंधक बनाए रखा उन्होंने बताया कि ऑपरेशन के दौरान पुलिस की प्राथमिकता समी बंधक बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालने की थी उन्होंने बताया कि आरोपी की पत्नी गोली लगने की वजह से घायल हुई थी जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑपरेशन में शामिल पुलिस दल को दस लाख रूपये के पुरस्कार की घोषणा की है